हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय प्रेसदिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये मीडिया कर्मियों से जमीनी स्तर पर स्टीक जानकारी पहंचाने का आहवान किया गया

हरी चूनरी चौपाल से सम्बोधित करते हए उन्होंने कहा कि कल जींद में बड़ा ऐलान किया जायेगा

अम्बाला में स्वास्थ्य मंत्री ने तीस लाख रूपये की लागत से गौशाला परिसर में बने राजकीय पश् चिकित्सालय का उदघाटन किया वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के कारण अब मीडिया पर सेंसरशिप संभव नहीं उन्होंने कहा कि यदि आपातकाल दुबारा लगाना हो तो यह केवल इस वजह से असफल रहेगा कि आपात्तकालीन की सबसे बड़ी ताकत प्रेस की सेंसरशिप होती है और वो अब संभव नहीं है नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह को सम्बोधित करते हए श्री जेटली ने कहा कि मीडिया के सामने सबसे बड़ी च्नौती इसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखना है अब कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि कई मंचों के कारण पाठकों और दर्शकों के लिये उनका स्वतंत्र भाषण खतरे में है श्री जेटली ने कहा कि सोशल मीडिया के विकास के कारण मीडिया पर दवाब डालना अब असंभव है इस अवसर पर बोलते हए प्रेस काऊसिंल आफॅ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस चन्द्रमौली क्मार प्रसाद ने कहा कि मीडिया को नियमित करना अस्वीकार्य है और प्रेस कांऊसिल मीडिया की अखंडता और निष्पक्षता को कायम रखने के लिये काम करती है हिन्दू प्रकाशन के अध्यक्ष और जाने माने पत्रकार एन राम जिन्हे प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय प्रस्कार श्रेणी के तहत च्ना गया है को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया बंध्ओं को बधाई दी और उनके द्वारा राष्ट्र समाज तथा लोकतंत्र व लोगों को दी जा रही सेवा के लिये मीडिया की सराहना की चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर जानकारी पहंचाता है

हरियाणा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित हये अम्बाला के सूचना विभाग दवारा अम्बाला शहर के आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नगराधीश स्शील क्मार उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हए उन्होंने कहा कि प्रेस प्रजांतत्र की रीढ़ है और न केवल वर्तमान में बल्कि आज़ादी के समय अंग्रेजी हक्मत के विरूद्व जनमत तैयार करने में प्रेस का अहम भूमिका थी साथ ही समाज में व्यापत ब्राईयों को मिटाने में भी तत्कालीन मीडिया का पूरा सहयोग था रोहतक में सुचना कार्यलय दवारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुचना प्रसार विषय पर आयोजित मीडिया कार्यशाला के उदधाटन पर मीडिया कर्मियों को सम्बोधित करते हए उपाय्क्त ने मीडिया कर्मियों से स्टीक जानकारी ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का आहवान किया भिवानी मे जर्नलिस्ट कलब दवारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्षय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सरार्फ ने कहा कि शहर के किसी एक पार्क का नाम प्रख्यात पत्रकार स्व देवव्रत वशिष्ठ ने नाम पर रखा जायेगा ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औपचारिक रूपसे दी है उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में साठ वर्ष से अधिक तथा पत्रकारिता में सक्रियता मीडिया कर्मियों के लिये दस हजार मासिक पेंशन की योजना श्रू की है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर यमुनानगर में भी जिला संचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी ए डी जी पी ओ पी सिंह ने मीडिया को आज के दिन की बधाई देते हए कहा िक पत्रकारिता का काम जोखिम और च्नौती से भरा है इसके बावजूद मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभाता है इस मौके पर जिला उपाय्क्त गिरीश अरोड़ा और प्लिस अधीक्षक कुलदीप सिह ने भी पत्रकारों को बधाई दी हरियाणा सरकार ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते प्रदेश में लड़कियों को दो पहिया वाहन चलाने व उनकी तकनीकी जानकारी देने का निर्णय निर्णय लिया है कौशल विकास एवं औदयोगिक प्रशिक्षण मंत्री विप्ल गोयल व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी सी गुप्ता की उपस्थिति मे कल सरकार ने हीरो मोटोकोप लिमिटेड तथा यूनाटेड नेशन की की एजेंसी यूनाटेड नेशनस डिवेलपमेंअ प्रोग्राम के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये

सिरसा डबवाली से विधायक नैना चौटाला ने अजय चौटाला से निष्कासन पर सवाल उठाये है नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के निर्वाचन क्षेत्र ऐलनाबाद के गांव जमाल में हरी चूनरी चौपाल को सम्बोधित करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि द्वष्यंत औ दिग्विजय का निकाला जाना समझ सेपरे या वही अब अजय चौटाला का निष्कासन कर दिया गया है जिसे बर्दाशत नहीं किया जायेगा उन्होंने नाम लिये बिना कहा कि साधू का चोला पहनने से फितरत नहीं बदलती

नई पार्टी बनाने का संकेत देते हए विधायक ने कहा कि कल जींद में बड़ा ऐलान किया जायेगा उन्होंने कहा कि उन्हें पद की भूख नहीं है

ग्ंडागर्दी से छ्टकारा पाने के लिए दृष्यंत को आगे लाना जरूरी है नैना चौटाला ने हरी च्नरी चौपाल के माध्यम से महिलाओं की समस्यायें भी उठाई और हरियाणा सरकार के बेटी बचाओ नारे को फेल बताया उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में विशेष्ज्ञ रूप से महिलाओं के विरूदव अपराधो में हरियाणा सबसे आगे है और नोटंबंदी की सर्वाधिक मार भी महिलाओं पर ही पड़ी है श्री गोपाष्टमी का पावन पर्व आज श्रद्वा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बतायाकि श्रद्वाल्ओं ने प्राचीन स्र्यकंड मंदिर अमादलप्र स्थित गौशाला श्री आदी बद्री स्थित गौशाला जगाधरी छछरौली श्यामप्र सौरा आदि गौशालाओं में पहंचकर गायों को प्जा की उन्हे फल घास आदि खिलाया गौशालाओं में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया गोपाष्टमी पर अम्बाला की गऊशाला कमेटी दवारा आयोजित समारोह में स्वाथ्स्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारतीय समाज में आदिकाल से गाय की महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वास्त्व मे गाय पूरा भगवान कृष्ण की पूजा है

भिवानी के महम रोड स्थित गौशाला में श्री गौशाला ट्रस्ट गिनती के तत्वाधान में भी गोपाष्टमी का पर्व ध्मधाम से मनाया गया

मानेसर भूमि घोटाले मामले की आज स्नवाई आज विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हई

आज क्छ आरोपियों को छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए बचाव पक्ष के वकील एस पी एस परमार ने बताया कि आज सीबीआई ने बचाव पक्ष के आरोप पत्र में सम्बधित कुछ दस्तावेज सौंपे है और अदालत ने शेष दस्तावेज सुनवाई से पहले सौंपने को कहा है आज सीबीआई ने अदालत ने तर्क रखा कि क्छ दस्तावेज जिन्हे आधार नही बनाया जा रहा बचाव पक्ष को नहीं दिये जा सकते लेकिन अदालत ने उनकी बात मानने से इन्कार कर दिया अगली सुनवाई चार दिसम्बर को होगी

जिसमें गन्ना उत्पादकों को राहत मिलेगी